श्री चौहान ने ट्वीट के जरिए कहा कि अब मुस्लिम महिलाओं को भी समानता का संवैधानिक अधिकार मिलेगा

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे आर सुभाष रेड्डी और बी आर गवई की पीठ महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है पीठ ने याचिकाकर्ता से एप संचालित टैक्सी सेवाओं के सिलसिले में केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन सौंपने को कहा है इस बीच केन्द्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत होगी राजभवन अवलोकन राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन को आम नागरिकों के लिए खुला रखने की व्यवस्था को यथावत जारी रखने के निर्देश दिये हैं श्री टंडन कल राजभवन में अधिकारियों से व्यवस्थाओं संबंधी चर्चा कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा और सहूलियत के अनुसार व्यवस्थाएँ की जायें

गौरतलब है कि गत वर्ष राजभवन को अवलोकन के लिये खोले जाने की व्यवस्था का आम नागरिकों ने स्वागत किया था

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्डस यूके लंदन द्वारा इसे विश्व रिकार्ड के रूप में दर्ज कर राजभवन को प्रमाण पत्र दिया गया है

उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी अभाव और शोषण के खिलाफ आवाज मुखर की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचन्द की रचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि उनकी कहानियां समाज के कड़वे सच को उजागर करती हैं और उनमें निहित संदेश आज भी प्रासंगिक हैं मौसम प्रदेश में लगातार जारी बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गये हैं राजधानी भोपाल में आज भी रूक रूक कर बारिश का दौर जारी है इससे जहां बड़े तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है वहीं जनजीवन भी प्रभावित हुआ है उधर सीहोर में भी भारी बारिश से कोलांस नदी उफान पर है मुख्यमंत्री कमलनाथ विभिन्न जिलों से मिल रही खबरों को देखते हुए हालात पर नजर बनाये हुए हैं उन्होंने आपदा प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था करने और सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने जिलों से भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति की जानकारी प्राप्त की उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि वे उन स्थानों पर विशेष नजर रखें जहाँ भारी वर्षा के कारण ज्यादा खतरा संभावित है मुख्यमंत्री ने कहा कि निचली बस्तियों में पानी भराव की स्थिति में तत्काल राहत कार्य शुरू करें और राहत शिविर लगाने की पूरी तैयारी रखें